प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार

लोकसभा चुनाव चौथा चरण लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया चौथे चरण में महाराष्ट्र की सत्रह राजस्थान और उत्तरप्रदेश की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की आठ मध्यप्रदेश और ओडिशा की छह छह बिहार की पांच और झारखंड की तीन सीटों पर मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत क्लगाम जिले में भी आज ही वोट डाले गए इस चरण में कुल नौ सौ इकसठ उम्मीदवार हैं जिनमें केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एस एस अहलूवालिया बाबुल सुप्रियो और सुभाष भामरे शामिल हैं कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अधीर रंजन चौधरी भी मैदान में हैं अन्य मुख्य उम्मीदवारों में भाजपा के बैजयंत जय पांडा समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा और उर्मिला मातोंडकर तथा तुणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय भी शामिल हैं माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने अलग अलग क्षेत्रों से तीन इनामी सहित छह माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन माओवादियों को अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया और गीदम थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है पुलिस के अनुसार गिरफ्तार माओवादी पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान नीलवाया के पास किए गए उस हमले में शामिल थे जिसमें द्रदर्शन के कैमरा मैन और तीन जवानों की मौत हो गई थी मिली जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान नीलवाया के जंगल और गीदम के साप्ताहिक बाजार से छह माओवादियों को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार माओवादियों में दो लाख रूपए का एक इनामी माओवादी सुखदेव वेट्टी और एक एक लाख रूपए के दो अन्य इनामी माओवादी शामिल हैं इन माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं नान घोटाला जमानत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले में अभियुक्त बनाए गए आईएएस अधिकारी अनिल ट्टेजा को अग्रिम जमानत दे दी है न्यायमूर्ति आरपी शर्मा की बैंच ने आज दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत मंजूर कर ली इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील अवि सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नान घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय में दो मामले लगे थे जिसमें से पुनः जांच के मामले में तेईस मई को सुनवाई होगी वहीं दूसरे मामले में आज आईएएस अनिल टुटेजा को शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बारह फरवरी दो हजार पन्द्रह को नागरिक आपूर्ति निगम के अट्ठाईस ठिकानों में छापा मारकर करोड़ों रूपए बरामद किए थे इस मामले में सत्ताईस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था आईएएस अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला और नान के तत्कालीन एमडी अनिल ट्टेजा के खिलाफ अभियोजन चालान के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र को चिट्ठी लिखी थी चार जुलाई दो हजार सोलह को केन्द्र ने अभियोजन की अनुमति दे दी थी लेकिन राज्य शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी चुनाव के पहले करीब ढाई साल बीतने के बाद राज्य सरकार ने पूरक चालान पेश करते हुए दोनों आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल किए थे रविन्द्र चौबे स्वास्थ्य सुधार चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तरप्रदेश के दौरे पर गए प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि श्री चौबे का ब्लडप्रेशर सामान्य है साथ ही किडनी और लीवर में भी काफी सुधार है संजय गांधी पीजीआई अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर ने आज रविन्द्र चौबे से मुलाकात की श्री कपूर ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि यह अस्पताल सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध करवा रहा है और वरिष्ठ चिकित्सक श्री चौबे के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं इस बीच रविन्द्र चौबे के बड़े भाई प्रदीप चौबे ने कहा है कि रविन्द्र चौबे के स्वास्थ्य में सुधार है उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे लखनऊ नहीं आए रविन्द्र चौबे स्वास्थ्य लाभ के बाद जल्द ही लौटेंगे गौरतलब है कि श्री चौबे को दो दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें एंब्रेलंस के जरिये पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया श्री चौबे से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भी पीजीआई अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना पुलिस सम्मान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज रायपुर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैंतीस पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया इनमें तीन पुलिस अधीक्षक सहित ग्यारह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं सुझबूझ और त्वरित कार्रवाई कर वारदातों को सुलझाने तथा अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम के लिए डीआईजी और आईजी स्तर के भी कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है उनमें बालोद एसपी एमएल कोटवानी बलौदाबाजार एसपी नीतू कमल और दुर्ग एसपी प्रखर पांडेय के साथ साथ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा नक्सल डीआईजी सुंदरराज पी इंटेलिजेंस डीआईजी अजय यादव नक्सल डीआईजी देवनाथ को सम्मानित किया गया वहीं प्रधानमंत्री प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले एसआईबी एसपी डी रविशंकर ओपी पाल और संजीव शुक्ला को भी सम्मानित किया गया गौरतलब है कि ्पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उनके कामों की सराहना के लिए इंद्रधनुष योजना शुरू की गयी है मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण लगभग पूरा प्रदेश लू की चपेट में है सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं इस वजह से दोपहर तक सड़कें सूनसान हो जाती हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी तेज धूप और गर्मी से लोग हलाकान है आज सर्वाधिक तापमान चवालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया दक्षिण बस्तर में वनों से आच्छादित सुकमा जिले में लोगों के साथ साथ वन्यजीव भी गर्मी से बेहाल हैं तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है

पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है

उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी वहीं आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है थल सेना भर्ती रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आगामी एक जून को थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा इसके लिए आगामी सोलह मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है आवेदक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं आवेदक को अट्ठारह मई के बाद इसी वेबसाइट पर अपने ई मेल पर लॉग ऑन करके अपने प्रवेश पत्र की तारीख और रैली स्थान के विवरण के साथ प्रिंट आउट लेना होगा आवेदक प्रवेश पत्र पर नवीनतम फोटो चस्पा करने के बाद भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे यह भर्ती रैली सैनिक सामान्य ड्यूटी जीडी सैनिक सामान्य ड्यूटी अनुसूचित जाति सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेडमेन के पदों के लिए की जा रही है

बरामद गांजे की कीमत नब्बे हजार रूपए आंकी गई है